छठां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ आयोजन का हुआ शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान में प्रदेश के इकत्तीस जनपदों को चयनित किये जाने पर प्रधानमंत्री का जताया आभार मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण की कार्रवाई को तेज करने के दिये निर्देश

इस अभियान की शुरुआत बिहार के खगडिया जिले की तेलीहर पंचायत से की गई प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस योजना का श्भारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज से गरीब ग्रामीण जनता के कल्याण और रोजगार के लिए एक व्यापक अभियान की शुरूआत की जा रही है श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों के कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है आज का दिन बहुत ऐतिहासिक आजगरीब के कल्याँण के लिए उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अनियान शुरू हुआ है ये अभियानसमर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए हमारे गांवों मैंहने वाले नौजवानों बहनों बेटियों केलिए इनमें से ज्याबदातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे हैं वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी के कारण कई कुशल कामगार अपने घर लौट आए हैं ऐसे में सरकार इन कुशल मजदूरों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत निर्माण को बढ़ावा देकर संकट की इस घड़ी को अवसर में बदलना चाहती है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि मजदूरों को उनके घर के पास ही रोजगार मिले उन्होंने कहा कि अब तक ये मजद्र शहरों के विकास में योगदान देते रहे लेकिन अब वे अपने गांवों का विकास करेंगे श्री मोदी ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी के मौजूदा समय में इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि गांवों में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का कर्ज न लेना पड़े उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से पहले आत्मनिर्मर भारत अभियान की शुरूआत की गई है इस योजना के तहत पिछले तीन महीने में अस्सी करोड़ गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने का काम किया गया फ्र्यानमंत्री ने कहा कि दस हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि बीस करोड़ महिलाओं के जन धन खाते में सीधे डाली गई उन्होंने कहा कि एक आत्म निर्भर भारत के लिए किसानों का आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई अनावश्यक कानूनों को खत्म किया है श्री मोदी ने कहा कि अब किसान बिना किसी बाधा के कहीं भी और किसी को भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नाव जिले की एक घटना का विशेष रूप से उल्लेख किया जिससे प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण रोजगार योजना का विचार सामने आया लखनऊ के आयुक्त मुकेश मेश्राम ने आकाशवाणी को यह पूरी घटना बताई इसमें क्वारंटीन रहने की अवधि में प्रवासी मजदूरों ने एक प्राथमिक विद्यालय की दीवारों की बहत अच्छे तरीके से रंगाई पुताई की थी इन मजदूरों को इसी विद्यालय में रखा गया था उन्नाव जनपद की हसनगंजविकासखंड में नारायणपुर ग्राम पंचायत है जहांपर तीन तोग है हैदराबाद से वापिस आए थे तो इन लोगों ने मिलकर के ग्राम पंचायत को जोसरकारी स्कूल हैं इहत ही अच्छी पॅटिंग जो बस्री जानकारी पूर्ण संदेश रेने वाली पूरेस्कूल की कायाकल्प कर दिया कला से प्रभावित होकर माननीय प्रचानमंत्री जी द्वारा आजवपने संबोषन में उन्नाव के इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए इन मजदूरों की तारीफ़की गई है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ इस दिवस के आयोजन की श्रूआत हई इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वह प्राणायाम को नियमित अभ्यास में शामिल कर के खूद को कोरोना से बचा सकते हैं श्री मोदी ने कहा कि बहत से लोगों को योग के माध्यम से कोरोना को हराने में मदद मिल रही है इससे पहले कल योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुये उन्होंने कहा कि योग रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मस्तिष्क तथा शरीर को भी मजवूत बनाता है पिछले कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक योग कार्यक्रम होते रहे हैं लेकिन इस वर्ष कोविड महामारी के कारण मुख्य ध्यान लोगों को अपने घरों में परिजनों के साथ योग कराने पर है प्रदेश में भी योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है लोग ऑनलाइन प्लेटफार्म की मदद से घरो में योग कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का श्मारम्भ किये जाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है इस अभियान में प्रदेश के इकतीस जनपदों को चयनित किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में गरीब कल्याण और ग्रामीण विकास को नया आधार देने के लिये प्रधानमंत्री की पहल पर संचालित यह अभियान गांवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस अभियान को संचालित करते हुए इसका लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिये कृतसंकल्पित है कोरोना संक्रमण के चलते देशभर में लगाये गये लॉकडाउन के बाद अपने गांव वापस आये श्रमिकों और ग्रामीणों को सशक्त बनाने के उददेश्य से देश के छह राज्यों के एक सौ सोलह जनपदों में एक सौ पच्चीस दिन का यह अभियान संचालित किया जा रहा है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कामगारों की रूचि और कौशल के अनुरूप रोजगार व स्वरोजगार के कार्य कराये जायेंगे इस अभियान में प्रदेश के जो जनपद चयनित किये गये हैं उनमें सिद्वार्थनगर प्रयागराज बहराइच बलरामपुर जौनपुर हरदोई आजमगढ़ बस्ती गोरखपुर सुल्तानपुर क्शीनगर संतकबीरनगर बांदा वाराणसी और गाजीपुर भी शामिल है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के सिद्वाथनगर जिले को शामिल करने पर वहां के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि इससे घर वापस लौटे श्रमिकों और गांव वालों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे बस्ती जिले को शामिल करने पर वहां के सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किये गये इस अभियान से कोरोना के चलते प्रभावित किसान और मजदूर वर्ग को अत्यधिक लाभ होगा तथा उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी उन्होंने कहा कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में मजदूर जो बाहर सर्विस करते थे अपना रोजगार चलाते थे वह आए हैं वापस

उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाय इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने गरीब कल्याण रोजगार अनियान की शुरूआत की है

तो निश्वित रूप से इस अभियान से हमारे बस्ती के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और ऐसे जो लेवर हैं जो बाहर से कमाते थे छोड़कर चले आये हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास हमारी सरकार करेगी मैं आदरणीय प्रघानमंत्री जी का आदरणीय मुख्यमंत्री जीह का आभार व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जाये इसके लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये मुख्यमंत्री ने यह निर्देश अपने सरकारी आवास पर यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेस वे के संबंध में दिये गये प्रस्तुतीकरण को देखने के दौरान दिये उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे भविष्य में वाराणसी से जोड़ने की संभावनाओं का अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही की जाये एक्सप्रेस वे के आसपास के क्षेत्रों को औद्योगिक विकास एवं व्यवसायिक उपयोग के रूप में चिन्हित किया जाये और दुर्घटनाओं को न्यूनतम रखने के लिये उपाय किये जाये मुख्यमंत्री ने बताया कि गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण से दिल्ली प्रयागराज की सड़क मार्ग से यात्रा लगभग छह घंटे में पूरी की जा सकेगी यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यह एक्सप्रेस वे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से शुरू होकर प्रयागराज में एनएच उन्नीस के बाईपास पर सोराव तक जायेगा

यह सूर्यग्रहण भारत में लगभग प्रातः दस बजे से शुरू होगा और दोपहर बाद दो बजकर उन्तीस मिनट पर समाप्त होगा मुद्रिका की तरह का यह स्र्यग्रहण भारत में राजस्थान हरियाणा और उत्तराखंड में दिखाई देगा लद्दाख के लेह में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने हेनले में दूरबीन से सूर्यग्रहण को दिखाने के प्रबंध किए हैं